विशाल टीकाकरण अभियान सेवाओं के क्षेत्र में मजबूत स्धार तथा उपभोग और निवेश में तेज वृद्धि के बल पर यह आर्थिक स्धार हुआ है

प्रम्ख आर्थिक सलाहकार डॉ कृष्णमूर्ति स्ब्रहमण्यन ने कहा कि बिजली की मांग माल ढ्लाई ई वे बिल जी एस टी संकलन और स्टील की खपत जैसे संकेतों में तेजी लौटने के बल पर ये वी शेप स्धार आया है श्री स्ब्रह्मण्यन ने कहा कि भारत को आर्थिक वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित रखना होगा ताकि गरीबी से लोगों को बाहर निकालने के लिए उन तक समर्थन पहंचाने वाली नीतियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के पास अतिरिक्त साधन हों

इस अवसर पर राज्य के ग़हमंत्री बामंग फेलिक्स विधायक क्मसी सिडिसो पुलिस महानिदेशक आर पी उपाध्याय सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे इस अवसर पर म्ख्यमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश फायर एण्ड इमरजेंसी सर्विसेस की बाईस अग्निशमन वाहनों और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के पांच वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया कार्यक्रम के दौरान फायर एण्ड इमरजेंसी सेवा विभाग के पच्चीस अधिकारियों और सिपाहियों को उल्लेखनीय सेवा के लिए डीजी कमेंडेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने प्लिस विभाग दवारा जारी विजन डाक्य्मेंट की सरहना करते हए कर्मियों से आपातकालीन स्थिति में त्वरित गति से सेवा प्रदान करने का आहवान किया श्री खाण्ड्र ने कहा कि प्लिस विभाग को मजबूत करना और विभाग के कर्मियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है म्ख्यमंत्री ने कहा कि प्लिस कर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने पहली बार एक साथ सोलह सौ प्लिस कर्मियों का प्रमोशन किया है

इस बैठक में उप म्ख्यमंत्री ने कहा कि बजट राज्य के चहम्खी विकास और सभी क्षेत्रों के लोगों की आकांक्षाओं का विजन डाक्यूमेंट होता है उन्होंने संबंधित जिलों के उपाय्क्तों से एक से तीन वर्ष की कार्ययोजना को प्रस्त्त करने को कहा उप म्ख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के कारण पिछले वर्ष के राज्य बजट में घोषित की गई परियोजनाएं पूरा नही हो पाई है उन्होंने कहा कि सरकार ने आर्थिक च्नौतियों के बावजूद सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती न करते हए स्वास्थ्य और आजीविका से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता दी

महात्मा गांधी की प्ण्यतिथि पर वे आज स्बह राजघाट गये और राष्ट्रपिता को श्रद्वा स्मन अर्पित किये

इस अवसर पर देश की प्रथम महिला सविता कोविंद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी क्मार चौबे भी उपस्थित थे कल पोलियो ख्राक पिलाने का पहला दिन होगा इसे राष्ट्रीय टीका दिवस या पोलिया रविवार भी कहा जाता है

हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा